पकड़े गये लोग अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के नागरिक हैं बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी बाईट मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिये सरकार चौबीसों घंटे तैयार है किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिक्ताओं में से एक रहा है खेती पर किसानों का खर्च कम हो उन्हें नये नये विकल्प मिलें उनकी आय बढे किसानों की मुश्किलें कम हों इसके लिये हमने निरन्तर काम किया है प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि कृषि सुधारों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी जो सुधार किए गए हैं वे वहीं हैं जिनका किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षो से मांग कर रही थी

अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाये आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाये किसानों को झूठे दिलासे देते रहे आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते जमाने के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है श्री मोदी ने कहा कि कृषि डेयरी और मत्स्य क्षेत्र का पिछले दो दशकों में काफी विकास हुआ है इससे किसानों और उनकी सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण में मदद मिली है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया है कि सरकार असली किसान यूनियनों के साथ वार्ता जारी रखने और खूले मन से सभी आशंकाओं का समाधान चाहती है उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एक प्रशासनिक निर्णय होता है श्री तोमर ने नई दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के साथ मुलाकात की यूनियन के नेताओं ने नए क्रषि कानूनों का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे उन्होंने कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री तोमर ने बताया कि यूनियन ने इन कृषि कानूनों को किसानों के हित में मानते हुए उन्हें किसी भी कीमत पर वापस न लेने का आग्रह किया है

कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिये इन लोगों के मन में भी भ्रम था जब मैने वषिय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहां भी करते हैं और अव जिला स्थान तक जायेंगे और बिलों के बारे में किसानों को बतायेंगे बैठक के दौरान यूनियन के नेताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को विवाद की स्थिति में दीवानी अदालतों में जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में किसानों का सुझाव था कि इसके जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जानी चाहिए भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि विपक्ष कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है श्री सिन्हा ने बेगूसराय के छौड़ाही में एक किसान चौपाल को संबोधित करते हुये कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे मंडियों और कृषि बाजारों पर एकाधिकार का प्रयास कर रहे हैं केन्द्र सरकार ने एक तेलुगु समाचार पत्र की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया था कि थल सेना के पच्चीस हजार सैनिकों ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में अपने शौर्य चक्र लौटा दिए हैं एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि उन्नीस सौ छप्पन से दो हजार उन्नीस तक केवल दो हजार अड़तालीस शौर्य चक्र ही प्रदान किए गए हैं राज्य में नया उद्यम या व्यवसाय शुरू करने के लिए बेरोजगारों को अब अधिकतम पांच लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा यह नया व्यवसाय शुरू करने के लिए परियोजना लागत का पचास प्रतिशत होगा वहीं पांच लाख रूपये का सस्ता ऋण भी एक प्रतिशत की ब्याज दर से उपलब्ध कराया जायेगा महिलाओं को ऋण में ब्याज पर छूट मिलेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी राज्य सरकार ने अगले पांच साल के लिए कार्य योजना को अनुमति दी है गठबंधन सरकार ने बीस लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है इसमें सबसे अधिक कौशल विकास और उद्यमिता पर जोर दिया गया है एक अन्य फैसले में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में भी बड़ी बढ़ोतरी की गयी है अब स्नातक पास होने पर अविवाहित लड़कियों को पचास हजार और इंटर उत्तीर्ण होने पर पच्चीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी कैबिनेट ने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है इसके साथ ही राज्य में अब चौदह से ज्यादा चक्के वाले ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगा दी गयी है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में चौरानवे हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को मंजूरी दे दी है न्यायालय ने तेईस नवम्बर दो हजार उन्नीस तक सफल छात्रों को ही नियोजन में शामिल करने का निर्देश दिया है जबकि दिसम्बर दो हजार उन्नीस में सीटीईटी पास करने वालों को इस नियोजन में अवसर नहीं मिलेगा न्यायालय ने शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने का भी आदेश दिया है कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत चौधरी मुहल्ला से पूलिस ने पांच संदिग्ध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है कटिहार के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरकांत झा ने बताया कि ये सभी विदेशी नागरिक एक निजी मकान में किरायेदार के रूप में रह रहे थे इनका संबंध अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बताया जाता है बताया जाता है कि हिरासत में लिये गये लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड एटीएम और वाहन चलाने का लाईसेंस मिला है जांच में पता चला है कि पकड़े गये लोग इस इलाके में नाम बदलकर पन्द्रह बीस साल से रह रहे थे राज्य सरकार ने अगले वर्ष सरकारी कार्यालयों में उनतालीस दिनों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है प्रतिबंधित और ऐच्छिक अवकाश बीस दिन का होगा वार्षिक बैंक लेखा बंदी के लिए भी एक अप्रैल को छूट्टी की घोषणा की गयी है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव चार चार प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख सैतीस हजार नौ सौ छियानवे मरीज स्वस्थ हुये हैं प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण के चार हजार नौ सौ उन्नीस सक्रिय मामले हैं इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के पांच सौ बहत्तर नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख चौवालीस हजार दो सौ पैंतालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक एक सौ बासठ नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं नालंदा में इकतालीस मुजफ्फरपुर में उनतालीस सारण में तेईस भागलपुर सहरसा और गया में अठारह अठारह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक ने अपने नए डिजिटल भूगतान एप डाक पे का शुभारंभ किया डाक पे का शुभारंभ करते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड उन्नीस से निपटने में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इसने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित या बहुत कम सुविधाएं प्राप्त करने वालों का वित्तीय समावेशन और सशक्तीकरण किया है आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में डाक विभाग के सचिव प्रदीप्त कुमार बिसोई ने कहा कि इस अभिनव एप से लोग बड़ी आसानी से पैसे का लेन देन कर सकेंगे बाईट ये डाकपे इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स का एक नया ऐप है जिसमें कोई भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर के इससे गूगलपे फोन पे में काम जो भी होता है इसमें डाकपे के थ्रू वो सभी काम हो सकता है इसके साथ साथ यह आईपीवी अकाउंट जिसके पास है अपने जितने सारे पोस्टल प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी वो आप खुद डिपोजिट कर सकते हैं

तो इसके थ्रू जो जिसके पास स्मार्ट फोन है वो भी कर सकता है और जिसके पास स्मार्ट फोन नहीं है वो भी इस ऐप का यूज कर के पैसा ट्रांस्फर कर सकता है या कहीं भी डिपोजिट कर सकता है या किसी को पेमेन्ट भी कर सकता है सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से दो सौ पंचानवे कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है बरामद शराब की कीमत लगभग तीस लाख रुपये बतायी जा रही है वहीं पश्चिम चंपारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है इधर जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक घर से चालीस लीटर देसी शराब बरामद की है मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय ने कहा है कि सेना में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आज से ऑनलाईन पंजीकरण शुरू होगा अभ्यर्थी अगले वर्ष चौदह जनवरी तक वेबसाईट ज्वाईन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं प्रदेश में लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और सुधार के लिए सत्ताईस दिसम्बर और दस जनवरी को विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत यह शिविर लगाये जायेंगे समस्तीपुर रेल मंडल ने जयनगर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रत्येक गुरूवार को रद्द कर दिया है वहीं नई दिल्ली से यह गाड़ी हर शुक्रवार को रद्द रहेगी वहीं मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस हर बुधवार को मुजफ्फरपुर से और गुरूवार को आनंद विहार से रद्द रहेगी गया जिले के आमस से दरभंगा के बीच बनने वाले फोर लेन ग्रीन फिल्ड सड़क का काम अगले वर्ष जून से प्रारंभ हो जायेगा पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि यह सड़क गया जहानाबाद पटना वैशाली और समस्तीपुर से होते हुये दरभंगा तक जायेगी उन्होंने कहा कि इसकी लम्बाई दो सौ बारह किलोमीटर है सड़क निर्माण के लिए दो सौ तैंतीस गांवों में तेरह सौ बयासी हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है गया में सम्पन्न अंतर जिला टी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाईनल में गया ने पटना को चालीस रनों से हरा दिया है इस जीत के साथ गया की टीम मगध जोन की चैंपियन बन गयी है गया की ओर से मोहित ने चार विकेट लिये वहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अगले खेल सत्र के लिए चयन समिति की घोषणा कर दी है प्रभात कुमार को बिहार जूनियर टीम और राखी सिंह को महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश में आज सुबह कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है बारिश और पछुआ हवा चलने से ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य सरकार के कोरोना के टीका मुफ्त लगाये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्द्रस्तान लिखता है बिहार में कोरोना का टीका मुफ्त लगेगा दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश पर लिखा है बहू से नहीं छीन सकते ससुराल में रहने का अधिकार